उन्होंने कहा कि देश भर में लोग इस दिन को याद कर अपने वीर और शहीद जवानों को याद कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कारगिल को देश कभी भूल नहीं सकता और इस युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा था प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोरोना के खिलाफ प्रा देश एक जुट होकर मुकाबला कर रहा है देशवासियों ने अपनी कार्यों से उन आशंकाओं को खत्म कर दिया जो कोरोना को लेकर पैदा हो रही थी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए सतर्क और सावधान रहें

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है गांवों छोटे शहरों और गरीब परिवारों से युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं वे अपनी मेहनत से शिखर को चुम रहे हैं प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस समय कुछ लोग अलग तरीके से रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे हैं जो कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है उन्होंने कहा कि इस साल पंद्रह अगस्त अलग परिस्थियों में मनाया जायेगा उन्होंने देशवासियों से कहा कि वे इस दिन को महामारी से आजादी कुछ सीखने सिखाने और कर्तव्यों के निर्वहण का संकल्प लें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर में स्वंयसहायता समूहों के द्वारा लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं

यह आमदनी का जरीया बन रहा है इसके लिए बत्तीस महिला समूह बनाए गए हैं

विकास भारती संस्था के द्वारा नकस्ल प्रभावित इलाको में लेमनग्रास की खेती के लिए महिलाओं को सभी संसाधन उपलब्ध कराया गया है लेमनग्रास के पौधे देने के साथ में उसकी खेती के प्रशिक्षित भी किया गया है वहीं लेमनग्रास से तेल निकालने के लिए दो प्लांट भी स्थापित किए गए हैं इस वजह से इस इलाके में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा जिले के उपायुक्त को सोनुआ प्रखंड की निवासी बुली गुदुया को जरूरी सरकारी योजनाओं से लाभन्वित करने का निर्देश दिया हैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री को बुली गुद्दया के पास आधार कार्ड के न होने पर राशन और पेंशन नहीं मिलने और परिवार की माली हालत की जानकारी दी गई थी

उन्होंने कल मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने को कहा है इसके अलावा गड़ढा खोदो अभियान टीसीबी निर्माण वाटर हारवेस्टिंग कंपोस्ट पिट पौधरोपण सोकपिट निर्माण में भी कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने को कहा है

जैक सचिव महीप कुमार सिंह के अनुसार राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अंक पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है

गिरिडीह नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रहा है

इनमें से रांची से एक सौ सत्ताईस सरायकेला से सत्ताईस पलामू से छब्बीस रामगढ़ से छह पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग से पांच पांच गढ़वा और गिरिडीह से चार चार धनबाद से तीन देवघर और सिमर्डगा से एक एक मरीज मिले हैं इसके साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या सात हजार आठ सौ इकतालीस हो गयी है फिलहाल राज्य में चार हजार दो सौ सैंतीस सक्रिय केस हैं जबकि तीन हजार पांच सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं अब तक तिरासी लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्वि होने को कारण स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग पैंतालीस प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन क्लकर्णी ने राज्य के सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को सभी जिले के कोविड केयर सेंटरों में सकिय मरीजों की संख्या से कम से कम तीन गुना बेड तैयार करने के निर्देश दिये हैं साथ ही उन्होंने सभी बेड को आक्सीजनयुक्त करने को कहा है श्री कुलकर्णी ने कहा है कि बिना लक्षण वाले और लक्षण वाले मरीजों के साथ संदिग्धों मरीजों को भर्ती किया जायेगा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

इसके तहत कल देर शाम तीन मजदूरों की वापसी हुई इसके बाद प्रशासन ने उन्हें होम क्वरेन्टीन के लिए भेज दिया

इसके अलावा जिस दिन बाजार खुला रहेगा उस दिन सुबह नौ बजे से संध्या पांच बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी इधर प्रशासन की ओर से गोड्डा के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर बिना मास्क घूमने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक के आवासीय कार्यालय में चार पुलिसकर्मियों के कोरोनावायरस से पोजिटिव पाए जाने के बाद पूरे आवासीय कार्यालय को सील कर दिया गया है

पुलिस अधीक्षक श्री जनार्दनन ने पुलिस कर्मियों से कहा है कि धैर्य रखें और हिम्मत से काम ले

इनपर गुजरात में कथित तौर पर नक्सली गतिविधि बढ़ाने का आरोप लगाया गया है

इसके लिए रेलवे की ओर से कार्य षुरू कर दिया गया है